देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है यह दिन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है

यह पुरस्कार प्राथमिक उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को दिया जाता है पुरस्कार समाराह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि समाज में शिक्षकों का महत्वपूर्ण स्थान और भूमिका होती है हमारे भारतीय संप्रदाय और विचारधारा में गुरूओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान की आभा को फैलाना केवल गुरू ही कर सकते हैं इसलिए गुरू को हम भगवान के प्रतिरूप मानते हैं ऐसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महानभावों को सादर सत्कार करने के लिए आज हम सम्मिलित हुए हैं श्री नायडू ने शिक्षकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के साथ व्यक्तिगत और मित्रवत व्यवहार रखने को कहा उन्होंने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी शिक्षकों को बधाई दी है एक संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि गुरु शिष्य परम्परा भारतीय संस्कृति और विरासत की विशिष्ट पहचान रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों के मन और व्यक्तित्व को गढ़कर राष्ट्र निर्माण में महत्व पूर्ण भूमिका निभाते हैं बाइट ज्ञान का आनन्द जगाना ही एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है अच्छा शिक्षक वहीं होता है जिसके भीतर का छात्र कभी मरता नहीं है

मैं सभी टीचर से चाहूंगा कि वे सिर्फ स्टूडेंट से नहीं उसके पूरे इको सिस्टम के साथ जुड़े तब जा करके उस बच्चे के साथ कैसे ट्रीट करना है उनको सरलता से आ जायेगा जैसे टीचर से हमारा भाव है वैसा हमारे लिए भी हमारे टीचर के प्रति भाव होना चाहिए शिक्षक दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर शिक्षकों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किये गये राजधानी लखनऊ में लोक भवन में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में चौंतीस शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट कार्यो के लिए सम्मानित किया गया इसमें आठ माध्यमिक शिक्षा के नौ उच्च शिक्षा के और सत्रह प्राथमिक शिक्षा के शिक्षक शामिल है

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शिक्षकों का सम्मान करते हुए कहा कि शिक्षक समाज और राष्ट्र का निर्माता है उसका आचरण और व्यवहार जिस तरह से होगा उसी तरह से समाज और राज्य का आचरण भी दिखाई देगा उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता पर हमारी सरकार ने फोकस करने का काम किया है और इसके परिणाम भी धीरे धीरे आते हुए दिखाई दे रहे हैं राज्यपाल राम नाईक ने सभी शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि देश के विकास में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है शिक्षक बच्चों को अच्छी शिक्षा एवं संस्कार प्रदान कर उनके व्यक्तित्व विकास में सहायक होते हैं

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रारम्भिक काल से समाज के निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है उन्होंने कहा कि यह प्रदेश का सौभाग्य है कि यहां के शिक्षकों ने राष्ट्रीय और अतंर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रौशन किया है उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार के कार्यकाल में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने शिक्षा के उन्नयन शिक्षकों की कार्यशैली में परिवर्तन और उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में बेहतर काम किया जा रहा है मेरठ कन्नौज अमराहा सुल्तानपुर और मऊ सहित विभिन्न जनपदों में भी शिक्षक दिवस धूमधम से मनाया गया इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा स्कूलों में शिक्षकों के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले खिलाडियों से आज बातचीत की उन्होंने खेलों में अनुकरणीय प्रदर्शन और एशियाई खेलों में अब तक के सबसे अधिक पदक दिलाकर देश का नाम रोशन करने पर उन्हें बधाई दी खिलाडियों स बातचीत में श्री मोदी ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि छोटे शहरों ग्रामीण इलाकों और गरीब परिवारों के प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी सामने आ रहे हैं इस अवसर पर युवा मामलों और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना है कि सरकार के प्रयासों से पदक तालिका में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल हो और युवा खिलाडियों को प्रोत्साहन मिले

लखनऊ मेट्रो ने आज अपना एक वर्ष पूरा किया है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ मेट्रो के सफलतम एक वर्ष के लिए बधाई देते हुए कहा कि मेट्रो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में स्थानीय जनता के लिए एक बेहतर माध्यम बना है

वह हमारे उस व्यवहार सोच को प्रदर्शित करता है जो आने वाली पीढ़ी को बेहतर ट्रैफिक की सुविधा हम देना चाहते है

भारत सरकार का जो सकारात्मक सहयोग और मार्ग दर्शन हम सबको मेट्रो की सुविघा को अनेक नगरों तक पहुंचाने के लिए मिल रहा है

उत्तर प्रदेश को दूसरे राज्यों से जोड़ने वाली चौव्वन इंटर स्टेट कनेक्टिविटी मार्गो का नामकरण राष्ट्रीय और अतंर्राष्ट्रीय स्तर के महापुरूषों के नाम पर किया जायेगा

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मार्य ने कल लखनऊ में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही

उन्होंने आर्थिक विकास योजना के तहत जिला मुख्यालयों को फोर लेन की सड़क से जोड़ने और नाबार्ड की मदद से हो रहे कार्यो को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए कहा उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जो सड़के वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है उनकी मरम्मत एवं उन्हें गढ्ढा मुक्त करने के लिए धनराशि जारी कर दी गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने तथा परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराने के लिए पुख्ता तंत्र बनाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि बगैर भेदभाव के भर्ती प्रक्रिया सम्पन्न कराई जायेंगी और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कोमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने वालों के विरूद्व सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी और पेपर लीक में शामिल लोगों पर रासुका लगाया जायेगा